राज्यों से कहा आवश्यक दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर करें कडी कार्रवाई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत मई और जून में गरीबों को उपलब्ध करायेगी मुफ्त अनाज कोविड संक्रमण को रोकने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है दस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिल कर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है उपचार के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों के मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के समी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यो में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाघ आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में रोका न जाए श्री मोदी ने राज्यों से कहा कि वे प्रदेश के विमिन्न अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित करें उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की समन्वय समितियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जैसे ही केंद्र से राज्य को ऑक्सीजनका आवंटन हो वैसे ही राज्य अपने सभी अस्पतालों को बिना किसी देरी के ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि घबराहट में खरीदारी करने से रोकने के बारे में जागरूकता बढाई जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देशभर के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से बातचीत की उन्होंने कहा कि यह वक्त सिर्फ चुनौतियों से निपटने का नहीं है बल्कि उनका कम से कम समय में समाधान ढूंढने का भी है बैठक के दौरान श्री मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सप्ताह में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन उत्पादकों के प्रयासों की सराहना की उन्होंने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को देश में चिकित्सा में उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराने पर उद्योगों के प्रति आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवे और वायुसेना के परिवहन विमानों के कारगर इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि देश ऑक्सीजन संकट से निपटने में कामयाब होगा भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफ्को ने बरेली जिले में आंवला कारखाने के दूसरे ऑक्सीजन संयंत्र को देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने का आदेश दिया है एक वक्तव्य में कम्पनी ने कहा है कि राष्ट्र की सेवा में अस्पतालों को निःशुत्क ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी

इस संयंत्र से मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा इपको ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के अस्पतालों के ऑक्सीजन सिलिंडर निःशुल्क भरेगी राज्यों को इसके लिए अपने खुद के सिलिंडर कम्पनी के संयंत्र में लाने होंगे इफ्को ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में फूलपुर और ओडिशा के पारादीप में कम्पनी के दो और ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत आगामी दो महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलोग्राम अनाज दिया जाएगा सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने नियमित मासिक आवंटन के अलावा यह अनाज मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोकथाम और संक्रमितों के उचित इलाज के लिये अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये है उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी न रहे प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिये प्रदेश सरकार को भारत सरकार से माध्यम से जहां जहां से ऑक्सीजन का कोटा आवटित किया गया है वहां से जल्दी ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था की जा रही है

एयर सैपरेटर स्थापित हो जाने से प्रदेश के बाहर से ऑक्सीजन मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को एक हजार पांच सौ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आवंटित किये गये है विभिन्न अस्पतालों में मेजे जा रहे है राज्य में बीती रात आठ बजे से कोरोना कप्यू प्रभावी हो गया है यह कपर्यू आगामी सोमवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपने संस्थान का परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि आज स्वच्छता और कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा सभी केन्द्रों पर टीकाकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि वह कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करे और बेवजह बाहर न निकले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक रमेश चन्द्र दिवाकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री दिवाकर औरैया जिले की सदर विधानसभा सीट से क्विायक थे बीते सोमवार को उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी जिसके बाद उन्हें मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है आकाशवाणी केन्द्र लखनऊ के निदेशक रहे मदन मोहन सिन्हा मनुज का कल निधन हो गया वह तिरासी वर्ष के थे